मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में राज्यपाल से सिफारिश करने का निर्णय लिया गया

बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने का निर्णय भी लिया गया

एमओयू प्रदेश में सौ मेगावॉट के सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और मैसर्ज फ़ंटलाईन दिल्ली के बीच एक संमझोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में बहुउददेशीय परियोजना और उर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सैना ने इस एमओयू पर हस्तक्षर किए

गुरू पूर्णिमा आज ग्रू पूर्णिमा है इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अध्यापकों गुरूओं और मार्गदर्शकों को शुभकामनाए दी हैं उन्होंने कहा है कि वे उन सभी गुरूओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को बनाने और उसे प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है इधर प्रदेश मैं भी गुरू पूर्णिमा के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए सोलन स्थित संस्कृति महाविद्यालय में कला संस्कृत भाषा अकादमी द्वारा साहित्य संगीत संगम का आयोजन किया गया इस अवसर पर संस्कृत के ज्ञाताओं और संगीतज्ञों को सम्मानित किया गया हमीरपुर स्थित नेता जी सुभाष चंद्र बोर्स स्मारक राजकीय महाविद्यालय में गुरू पूर्णिमा के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर गुरू के योगदान के महत्व को विद्यार्थियों के साथ सांझा किया गया

शिमला से जारी एक ब्यान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इस बसूली पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि प्रदेश के बागवानों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जाना चाहिए और सभी आड़तियों पर नज़र रखनी जरूरी है राठौर ने सेब सीजन को देखते हुए सड़कों की दशा सुधारने और उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार से आग्रह किया है उद्यान योजना मंडी ज़िला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर बालिका गौरव उद्यान योजना शुरू की जाएगी अतिरिक्त उपायुक्त आशतोष गर्ग ने बताया कि ये योजना जिले में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन बनाने में मददगार साबित होगी मंडी में अभियान के सफल संचालन के लिए गठित ज़िला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हर पंचायत में बेटियों के नाम पर एक उद्यान स्थापित किया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम आयकर विभाग द्वारा व्यापारियों को आयकर जमा करवाने संबंधी जानकारी देने के उदेश्य से आज सोलन में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयेाजन किया गया आयकर अधिकारी धर्मेद्र वर्मा ने व्यापारियों को टैक्स जमा करवाने में आ रही कठिनाइयों के समाधान के बारे में जानकारी दी

धर्मेद्र वर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर कर दाताओं को जागरूक किया जाएगा व्यापारियों ने इस कार्यक्रम को लाभकारी बताते हए कहा कि टैक्स जमा कराने संबंधी शंकाएं दूर होने के अलावा बहमूल्य जानकारी मिली है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून के सक्रिय रहने से विभिन्न इलाकों में जोरदार वर्षा हो रही है इस वर्षा से तापमान में कुछ कमी आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है ये वर्षा खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद मानी जार रही है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दिनभर रूक रूक कर वर्षा हो रही है

विभाग ने आज मध्यवर्ती और निचले मैदानी इलाकों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है

जिला पर्यटन विकास अधिकारी बीसी नेगी ने बताया कि इस मौसम में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ जाता है ऐसे में रिवर राफिटंग सहित अन्य गतिविधियां खतरनाक साबित हो सकती है उन्होंने रिवर राफिटंग और पैराग्लाईडिंग ऑपरेटरों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है